कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी को स्वस्थ रखने की जानकारी दी

आज पंजाब हरियाणा सहित देशभर में विश्व मृद्गा दिवस मनाया गया स्वास्थ्य मिट्टी के महत्व पर ध्यान केन्द्रित करने और और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत के लिए प्रत्येक वर्ष पांच दिसम्बर को ये दिवस मनाया जाता है इस साल के विश्व मृदा दिवस का विषय है मुदा प्रद्षण का समाधान बने उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने लोगों को मिट्टी की श्द्वता बनाए रखने के प्रति वचन देने के लिए कहा है अपने संदेश में श्री नायड् ने कहा कि प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण धटक की रक्षा करने का कर्त्तवय हर इंसान का है उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है जब लोगों के प्रकृति और जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए इसके साथ ही मिट्टी और धरती मां की श्दवता की रक्षा करना सीखना चाहिए हरियाणा में विश्व मुदा दिवस पर आज भिवानी के कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि वैज्ञानिाकें द्वारा सैंकड़ो को मिट्टी का ग्णवता व परख के बारे में कार्यशाला लगाकर जानकारी दी गई कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि भोजन का पौष्टिक होना सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से सम्बधित होता है इसके अलावा मिट्टी द्वनिया की कार्बन डाईओकसाईड उत्सर्जन का दस प्रतिशत अपने में भंडारणा करती है साथ ही मिट्टी वाय्मंडल को ठंडा रखने में भी हमारी मदद करती है परन्त् आज हम मिट्टी के स्वास्थ्य को रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से खराब करते जा रह है जिसके चलते मिट्टी में हवा व पानी का संचालन बेहतर का होने के कारण जम़ीन बंजर होती जा रही है क़षि वैज़ानिक डॉ ग्लाब सिंह ने बताया िक हमारी ज़मीन अत्याधिक रासायनिक खादों के प्रयोग के चलते खराब हो रही है इस लिए किसानों के चाहिए कि वे जैविक खादों का प्रयोग करें इसके लिए गोबर को खाद बेहतर विकल्प है जिससे ने केवल किसानों की कृषि लागत घटेगी अपित् फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा इस मौके पर पलवल में भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दवारा एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया कृषि एवं जिला कल्याण विभाग पलवल के कृषि उप निदेशक डा वीरेन्द्र आर्य ने बताया कि कार्यक्रम में किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा भूमि में पोषक तत्वों की कमी दूर करेन की जानकारी प्रदान की गई है

हिसार की अतिरिक्त सत्र अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में आरोपी को फांसी की सजा स्नाई है

जब गांव ज्गलान में एक भाई ने अपनी बहन को जहर पिलाकर मार दिया था बहन ने घर वालों को बिना बताएं किसी दूसरे जाति के य्वक के साथ प्रेम विवाह किया था हत्या के आरोपी लड़की के भाई को फांसी की सजा स्नाई गई है हरियाणा के स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि य्वा शक्ति की उर्जा के साकारात्मक प्रयोग के बल पर भारत को प्न विश्व शक्ति बनाया जा सकता है

खेलों से युवा अन्शासन नेतृत्व और साम्हिक प्रयासों जैसे ग्ण हासिल कर सकते हैं

इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्त्त किया और शानदार मार्चपास्ट भी किया श्री विज ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी खेल नीति को केन्द्र सरकार ने भी सराहा है उन्होंने खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रमों मे शमिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पदक तालिका में देश का श्रेष्ठ स्थान पहंचाया जा सकते है

दोनों के खिलाफ एक दिसम्बर को आरोप पत्र दाखिल किया गया था

हिसार नगर निगम चनाव के लिए आज इंडियन नैशनल लोकदल और बसपा के प्रत्याशी अमित सैनी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए इसी के साथ हिसार मे मेयर के प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है आज दो अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी दाखिल किए गए है भाजपा के प्रत्याशी गोतम सरदाना कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे कांग्रेस ने विवर्तमान पार्षद रेखा ऐजंट को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर की मौजूदगी मे अपने पर्चे भरे

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि रक्त का द्सरा कोई विकल्प नहीं है ये केवल रक्तदाताओं द्वारा स्वेच्छा से किए गए रक्तदान के माध्यम से ही जरूरतमंदों के उपलब्ध हो पाता है राज्यपाल फतेहाबाद में श्री राम नाथ एज्केशनल एवं वेल्फयेर सोसायटी द्वारा स्थानीय राम भवन में भारतीय सेना के वीर स्पूतो को सर्पित रक्तदान शिविर का उदघाटन् अवसर पर बोल रहे थे राज्यपाल ने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा कि जो रक्त देता है उसे जीवन दाता कहते है उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास दानी वीरों से भरा पड़ा है महर्षि दधीची ने मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था